राजधानी ईटानगर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा अरुणाचल अभियान राज्य में सुरक्षित वातावरण मुहैय्या कराने के लिए एक पहल है श्री फेलिक्स ने कहा कि बेहतर अरुणाचल के लिए हर कोई अपना सुझाव सांझा कर सकते है उन्होंने कहा कि ब्रजूर्गों और युवाओ के बीच पीढियों का अंतर देखा जा सकता है जों कि शांत और अनुकूल वातावरण के लिए हानिकारक है श्री फेलिक्स ने राजधानी क्षेत्र के प्रमुख व संवेदनशील स्थानों में सी सी टी वी लगवाने के जानकारी दी प्रदेश भाजपा इकाई ने वर्ष दो हजार बीस तेईस के लिए बियूराम वागे को भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चुना गया है भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव प्रयवेक्षक अनील जैन ने भाजपा प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष की घोषणा करते हुए आज ईटानगर में चूनाव प्रमाण पत्र श्री वागे को सौंपा गौरतलब है कि बियूराम वागे पाक्के केंसांग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है

संसद का बजट सत्र इकतीस जनवरी से शुरु होगा और अवकाश के दिनों के साथ यह तीन अप्रैल को समाप्त हो जाएगा यह सत्र दो चरणों में होगा पहला चरण इकतीस जनवरी से ग्यारह फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक होगा इकतीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे रामनाथ कोविंद केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे लोकसभा की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्थाई समितियो को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सदन स्थगित कर दिया जाएगा सदन के अगले चरण की बैठक ग्यारह फरवरी से होगी जो तीन अप्रैल तक जारी रहेगी पूरे देश में छात्र शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजाए बीस के लिए उत्सुकता से प्रतिक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे फरवरी दो हजार अट्ठारह में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रेडियों पर मन की बात कार्यक्रम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की सलाह की चर्चा की थी तेंदुलकर ने कहा कि वह खेलते समय केवल बॉल पर ध्यान केंद्रित करते थे भूत और भविष्य की कोई चिंता नहीं करते थे मध्यप्रदेश में उज्जैन के गॉरमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस के छात्र ओम परमार ने बताया कि यह कार्यक्रम परीक्षा में तनाव को दूर करने में काफी मददगार है पोई लेंग त्योहार जिसे ग्रेंड चेरियेट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है नामसाई जिले के विंगको गांव में कल से शुरु हो गया है थेरा वेदा बौद्ध परंपरा के अनुसार यह पर्व उन बौद्ध भिक्षुओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने समाज और धर्म के लिए जीवन यापन करते हुए अपना शरीर त्याग दिया इस अवसर पर परंपरा के अनुसार दिवंगत बौद्ध भिक्षु इंद्रावमसा महाथेरा के पार्थिव अवशेष को खुबसुरत ढंग से सजाये गए रथ पर रखा जाता है जिसे बौद्ध भिक्षु दिवंगत संत की अंतिम यात्रा के तौर पर खींचते है इस अवसर पर समारोह में उपस्थित राज्य के उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन ने लोगों से दिवंगत बौद्ध भिक्षू के सामाजिक उत्थान के लिए किए गए उनके कामों और आदर्शों को अपने जीवन में भी अपनाने का आह्वान किया असम के गुवाहाटी में खेलों इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में आज अरुणाचल प्रदेश के गोलोम टिंक्र ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता टिंक् ने पचपन किलोग्राम भार वर्ग में सत्रह वर्ष से कम उम्र के लड़कों की श्रेणी में प्रबल प्रतिम गोगोई को हराया इस वर्ग में इक्कीस वर्ष से कम उम्र के लड़कों की श्रेणी में महाराष्ट्र के संकेत महादेव ने स्वर्ण पदक जीता आज तैराकी कुश्ती और निशानेबाजी के पदको का भी फैसला होगा आज खेलों का आठवां दिन है पैंतीस स्वर्ण और सैंतीस रजत के साथ महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है अटटाईस स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर है इस बीच खेलों इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशान जोशी ने कहा कि खेल सुगमतापूर्वक चल रहे हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में खेल देखने के लिए आएं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं श्री जोशी ने कहा कि इन खेलों ने नये प्रतिमान स्थापित किए हैं जिनसे देश के खेल जगत में सुधार होगा आकाशवानी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई में कैजुल असाइनमेंट के आधार पर न्यूज एडिटर इंग्लिश न्यूज रीडर इंग्लिश और न्यूज रीडर कम ट्रांस्लेटर हिंदी की नौकरी के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छूक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते है